प्रदेश में कानून व्यवस्था और सोनभद्र हत्याकांड सहित अन्य मामलों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच कल विधानमंडल की कार्यवाही रही बाधित केन्द्र सरकार ने कहा कि उर्वरक पर सब्सिडी कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी अट्ठाईस जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने गरीबों को मुफ्त रसोई गैस देने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उज्ज्वला योजना की प्रशंसा की है एजेंसी ने कहा कि यह पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातेह बिरोल ने एक समारोह में कहा कि वर्ष दो हजार बीस तक सभी को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना भारत की बहुत बड़ी सफलता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली मई दो हजार सोलह को प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गुरूआत की थी केन्द्र सरकार ने समी केवल टी वी ऑपरेटर और डी टी एव प्लेटफॉर्म को सूचित किया है कि वे दूरदर्शन के समी चौबीस चैनल उपमोक्ताओं को उपलब्ध करायें वीडियो संदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो ऑपरेटर दूरदर्शन के चैनल नहीं दिखा रहे हैं वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कानून के अनुसार जो दिखाना बाध्यकारी है

हम इसकी शक्ति से अमल करेंगे क्योंकि यह कानून का हिस्सा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पन्द्रह अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से नमो एप्प पर विशेष रूप से बनाये गए ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये विचार और सुझाव लाल किले की प्राचीर से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों द्वारा सुने जायेंगे विधानमंडल के दोनों सदनों में कल सपा नेता आजम खां पर मुकदमा दर्ज कराये जाने और सोनभद्र के घोरावल में जमीन मामले में दस लोगों की हत्या कानून और व्यवस्था का मामला छाया रहा क्विनसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी ने सोनभद्र और संभल की घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए चर्चा की मांग की विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने चर्चा से इन्कार करते हुए विपक्ष को शांत रहने के लिये कहा इस बीच नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र मामले में अपना वक्तव्य सदन में विस्तार से रखा उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिये कमेटी गठित कर दी गई है और डीजीपी को निर्देशित किया गया है कि वह मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें इस बीच विफ्की दल सपा और कांग्रेस के सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और शोर शराबा करते हुए वेल में आ गये जिस पर सदन की कार्यवाही को पहले चालीस मिनट के लिये स्थगित करना पड़ा बाद में हंगामा जारी रहने के बीच सदन में कल के लिये निर्घारित अध्यादेश प्रस्तुत किये गये और सदन की कार्यवाही बार बार स्थगन के बाद अंत में सोमवार तक के लिये स्थगित कर दी गई उधर विधान परिषद में भी समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सपा नेता आजम खां पर दर्ज किये गये भूमि संबंधी मामलों को झूठा बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने आजम खां को रातो रात भूमाफिया बना दिया है विपक्ष के शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही को बारह बजे तक के लिये स्थगित कर दिया गया शोर शराबे के बीच नेता सदन ने कार्यसूची के मदों को प्रस्तुत किया सभापति ने कल के सभी प्रश्न उत्तरित माने जाने का निर्देश देते हुए सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिये स्थगित कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोनभद्र के घोरावल हत्याकाण्ड के मामले में उप जिलाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष सहित पांच लोगों को निलम्बित कर दिया गया है यहां जमीन से संबंधित एक विवाद के मामले में खूनी संघर्ष के दौरान बुधवार को दस लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए थे मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त ग्राम प्रधान सहित नामजद उन्तीस लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है मुख्यमंत्री कल सदन के बाहर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि इस घटना की जड़े उन्नीस सौ पचपन में उस समय के तहसीलदार के द्वारा गलत तरीके से ग्राम समाज की जमीन को आदर्श कॉपरेटिव सोसायटी के नाम दर्ज करने के साथ ही पड़ गई थी मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले की पूरी जांच के लिये अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को घोरावल में पीड़ितों से मिलने जाते समय रोक दिये जाने पर वह धरने पर बैठ गई और बाद में उन्हे चुनार निरीक्षण गृह में ले जाया गया केन्द्र सरकार ने कहा कि उर्वरक पर सबसिडी कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है

किसानों को यूरिया खाद सरकार द्वारा निर्धारित खुदरा मुल्यों पर उपलब्ध कराई जा रही है पैंतालिस किलोग्राम यूरिया खाद की कीमत दो सौ बयालिस रूपये और पचास किलोग्राम की कीमत दो सौ अड़सठ रूपये रखी गई है केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री पुरूषोत्तम रूपाला ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाये हैं राज्यसभा में राष्ट्रीय किसान आयोग बनाने के एक गैर सरकारी विषेयक पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में किसानों को साढ़े तेरह लाख करोड़ रुपये ऋण देने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अट्ठाईस जुलाई को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद संभालने के बाद यह कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करने के लिये कहा है मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से देश के कई हिस्सों में जल की कमी के बीच जल संरक्षण के लिये जागरूकता अभियान शुरू करने और पानी बचाने के लिये संकल्प लेने का आहवान किया था

प्ररे देश में जल संकट से निपटने का कोई एक फार्मूला नही हो सकता है इसके लिये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है और वह पानी बचाना जल संरक्षण उच्चतम न्यायालय ने उन्नीस सौ बान्नवे में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश से नौ महीने के अंदर फैसला सुनाने को कहा है

पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने के लिए समुचित आदेश चार सप्ताह के अंदर जारी करने का भी निर्देश दिया विशेष न्यायाधीश तीस सितम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं

प्रदेश के पदाधिकारी सरकार के मंत्री और क्षेत्र तथा मंडल के कार्यकर्ता बूथ पर पहंच कर सदस्यता कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रदेश के नव नियुक्त अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट मथ्रा झांसी और बागपत में रहेंगे

पार्टी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में सदस्यता अभियान को गति देंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को दो हजार पच्चीस तक टीबीमुक्त करने के उद्देश्य से अपने प्रयासों को और मजबूत करने के लिये आयुष रक्षा और रेल मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं